प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने जलवायू परिवर्तन को कृषि के लिये एक बड़ी चुनौती बताया है उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ हमारा लक्ष्य स्वच्छ वातावरण भी होना चाहिये राज्यपाल आज राजभवन से जलवायु परिवर्तन के काल में पोषण और खाद्य सुरक्षा चुनौतियां एवं समाधान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रही थी राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कृषि के लिये एक बड़ी चुनौती है जिसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है जलवायु परिवर्तन द्वारा दिखाई दे रहे द्ष्परिणामों का सामना करने में जैव प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभा सकती है उन्होंने ऐसी प्रजातियां विकसित करने की आवश्यकता बताई जिन्हें विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सके राज्यपाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के साथ स्वच्छ वातावरण की भी आवश्यकता है और ऐसे में सभो विकल्पों को ढूंढा जाना चाहिये जो रासायनों के ऊपर निर्भरता कम कर सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मेडिकल स्क्रीनिंग का वृहद अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने एक लाख से अधिक टीमें गठित कर मेडिकल स्क्रीनिंग की कार्रवाई करने को कहा है लखनऊ के लोकभवन में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को कार्य योजना बनाकर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिये स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा योग्य अनुभवी और वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम तैयार करने के लिये कहा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पीएसी वाहिनी जैसे स्थान जहां सामूहिक रूप से लोगों को रहना पड़ता वहां हर हालत में दो गज की दूरी नियम का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये

एक रिपोर्ट एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान में निगरानी व्यवस्था की अहम भूमिका है और इसे आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से मजबूत किया जाना चाहिए

इसके साथ ही शहरी स्लम वृद्वाश्रम और महिला हॉस्टल जैसी तमाम जगहों से रैंडम सैम्पल भी लिये जा रहे हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

कोविड के समय यह खरीद जनजातीय लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई है इस महामारी से उनकी आजीविका पर असर पड़ा था

इन वस्तुओं में जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किए गए कृषि और बागवानी उत्पाद शामिल हैं

भाजपा अध्यीक्ष जेपी नड्डा ने लद्दाख झड़प मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा सरकार पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री को आलोचना की है उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय सेना और उसकी बहादुरी पर प्रश्नचिन्ह लगाती रही है उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रीय एकता के सही अर्थ को समझने की जरूरत है श्री नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की टिप्पणी कुछ और नहों शब्दों का जाल है उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर सिंह उस समय उतने परेशान नहीं दिखे जब उनके कार्यकाल में चीन ने भारत की सैकडों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था

एक टवीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे रक्षा मंत्री ने कहा कि वे बूधवार मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेंगे

श्री सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर वहां गये हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज रूस यात्रा पर प्रस्थान से पहले लद्दाख की स्थिति पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की इसमें यह निर्णय लिया गया कि सेना के शीर्ष अधिकारी जल थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई

उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा कि सामाजिक संस्थाओं जैसे महिला संरक्षण गृह नारी निकेतन अनाथालय और बाल सुधार गृह इत्यादि में कोरोना की रोकथाम और नियंत्रण के लिये विशेष सावधानियां बरती जाये उन्होंने निर्देश दिया कि संस्था के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिये इंफ्रारेड थार्मामीटर की व्यवस्था की जाये और किसी भी संस्था में सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाये उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में अतःवासियों को साफ सफाई तथा हाथों को अच्छी तरह से धोने के बारे में प्रेरित किया जाये साथ ही उन्हें फेस कवर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिये कहा जाये

श्री प्रसाद ने बताया कि राज्य में जल्द ही एनटीजेएन जांच शुरू की जायेगी पहले चरण में यह जांच लखनऊ प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर और कानपुर में शुरू की जा रही है उन्होंने बतायाकि राज्य में लक्षित सैम्पलिंग का काम लगातार चल रहा है भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं हैं गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही स्पष्ट है चीन के प्रवक्ता ने गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जो बयान दिया है उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया